राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

और राज्यभर में उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह लोगों में दिखी देशभक्ति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

मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया

इन राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए परेड का समापन वायु सेना के विमानों के फ्लाईपास्ट से हुआ

गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरूआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है गृहमंत्री अमितशाह ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि यह दिवस भारत की बहुरंगी विविधता और समुद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है

गृहमंत्री ने भारतीय गणराज्य की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों को सलाम किया

एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने लोगों से कहा है कि वे संविधान में दिए गए स्वतंत्रता समानता भाईचारे और न्याय जैसे आदर्शों के प्रति अपने आपको समर्पित करें उन्होंने लोगों से सभ्यतागत आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों का संकल्प दोहराने और समावेशी शांतिपूर्ण समरसतापूर्ण तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए अपने को समर्पित करने को कहा उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन देशवासियों को संविधान के प्रति अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करनी चाहिए

कार्यालय परिसर में आरओबी एवं पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने तिरंगा फहराया और ध्वज को सलामी दी राष्ट्रगान के उपरांत मौजूद लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था संविधान की मदद से ही देश चलता है और हम सभी संविधान के दायरे में ही रहकर अपना काम करते हैं भारत का लोकतंत्र सबसे विशाल है विविधता में एकता ही हमारे संविधान की खूबसूरती है इस मौके पर कोविड के अनुरूप सोशल डिस्टैंसिंग का पालन किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली

परेड की सलामी ली तथा गारद का निरीक्षण किया अपने अभिभाषण में उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी सभी महान विभूतियों को नमन करते हुए श्रीमति मुर्म ने कहा कि विगत वर्ष राज्य के लिए चुनौतियों से भरा रहा कोरोना महामारी ने सभी को प्रभावित किया उन्होंने इस दौरान राज्यवासियों के धैर्य और अनुशासन की सराहना की तथा कोरोना वायरस के विरूद्व संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्वाओं को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि नया वर्ष नई उम्मीदें लेकर आया है

उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग एवं गंभीर है महिलाओं के अवैध एवं अनैतिक व्यापार की रोकथाम पीड़ितों के बचाव पुनर्वास और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्यों के अनुरूप जनता के कल्याण के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें और अपने देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करें

उन्होंने राज्य के वीर शहीदों बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू जैसे अनेक वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह दिन समाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दिवस है श्री सोरेन ने राष्ट्र नेताओं को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग बलिदान और दूरदर्शिता से देश आज गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है अपने नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान सरकार को कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा है कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिती से निपटने के लिए कई निर्णय लिये गये मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार द्वारा झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ ेकिया गया है इस योजना के तहत पचास हजार रूपये तक की बकाया राशि माफ की जायेगी प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को राहत देने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना की शुरूआत की गई है श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में पश्पालन को आजिवीका का साधन बनाने के लिए मुख्यमंत्री पश्धन विकास योजना की शुरूआत की गई है मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जायेगा इसके लिए नियमावली का गठन कर लिया गया है

मनरेगा के तहत मानव दिवस सुजन के लक्ष्य के को बढ़ाकर दस करोड़ किया गया है शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भी कई प्रयास किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके लिए आवास और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है जल्द ही राज्य में नई पर्यटन नीति लागू की जायेगी

इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला इसमें परमवीर चक्र विजेता शहीद लांसनायक अल्बर्ट एक्का के योगदान को दिखाया गया दूसरा पुरस्कार पेयजल स्वच्छता विभाग की झांकी को मिला इसमें जल जीवन मिशन योजना को दिखाया गया जबकि तीसरा पुरस्कार परिवहन विभाग की झांकी को मिला सड़क दुर्घटना से बचाव का संदेश दिखाया गया

जिलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिये गये निर्देश के अनुसार समारोह आयोजित किये गये गोड्डा जिले में सभी जगह उत्साह पूर्वक तिरंगा फहराया गया गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने तिरंगा फहराया और सलामी ली हजारीबाग जिले में गणतंत्र दिवस समारोह ध्रमधाम से मनाया गया मुख्य समारोह हजारीबाग स्टेडियम में आयोजित किया गया

मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ जहां राज्य की मंत्री जोबा मांझी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

रामगढ़ के सिद्ध कान्ह जिला मैदान में आज उपायुक्त संदीप सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन द्वारा मुख्य कार्यक्रम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित किया गया जहां राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रध्वज फहराया

समाप्त